शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने अपने ग़ह जिले महेन्द्रगढ़ में लड़डू बांटे ये उप च्नाव आने वाले लोकसभा और विधानसभा च्नावों से पहले सभी पार्टियों के लिये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जींद उप चुनाव में भाजपा उम्मीदवार की जीत पर जींद वासियों को बधाई दी है श्री मोदी ने कहा कि ये वो सीट है जहां पार्टी ने आज तक कभी भी जीत हासिल नहीं की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जींद विधानसभा उप च्नाव में पार्टी के पक्ष में परिणाम से ये बात सिद्व होती है पिछले चार वर्ष के कार्यकाल में हरियाणा एक हरियाणवी एक तथा जात पात से ऊपर उठकर सबका साथ सबका विकास पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है आज जींद उप च्नाव परिणाम के बाद अपने आवासपर एक पत्रकार सम्मेलन में लोकसभा च्नाव के साथ विधानसभा के च्नाव करवाने की संभावनाओं के बारे कि कि अगर केन्द्र की ओर से ऐसा कोई सुझाव आता है तो हम तैयार है म्ख्यमंत्री ने कहा कि हार जीत तो च्नाव का एक भाग है इस च्नाव का भी महत्व अन्य च्नावों की तरह है एक प्रश्न के उत्तर में म्ख्यमंत्री ने कहा कि वे विपक्षी पार्टियों से अपील करते है कि लोकतंत्र में जनमत को स्वीकार करें जींद उप च्नाव पर बोलते हये मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहल गांधी ने अपने सबसे निजी व राष्ट्रीय प्रवक्ता स्रजेवाला को हीरा समझकर च्नाव में उतारा था लेकिन लोगों ने उसे ठकरा दिया उन्होंने कहा कि जो लोग ईवीएम मे घोटाले की बात करते है वे दोहरे मापदंड अपनाते है भाजपा की जीत के बाद भिवानी में भी जश्न मनाया गया स्थानीय भाजपा नेताओं ने शोल नगाड़ो की थाप पर नाचते गाते लडडू बांटे और एक दुसरे जीत की बधाई दी भाजपा ने इस जीत को प्रदेश में समान विकास भ्रष्टाचार खत्म करने योग्यता पर नौकरी देने की जीत बताया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष स्भाष बराला ने जींद उप च्नाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हये कहा है कि जनता ने भाजपा सरकार के सवा चार साल के कामकाज़ पर मोहर लगा दी है सरकार ने सभी वर्गो के हित के लिये काम किया भ्रष्टाचार पर रोक लगाई मैरिट के आधार पर रोज़गार दिया और प्रदेश का समान विकास कराया रोहतक में उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हआ कि कोई मौजूदा विधायक उप च्नाव में उम्मीदवार बना असल में कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं था भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने लोकसभा के साथ हरियाणा विधानसभा के च्नाव कराये जाने से साफ तौर पर इन्कार किया राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा है कि केन्द्र सरकार नव भारत की ओर बढ़ने ओर अग्रसर है जहां प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सविधायें न्याय स्वास्थ्य शिक्षा और बराबरी के अवसर मिले संसद के दोनों सदनों को स्म्बोधित करते हये राष्ट्रपति ने कहा कि देश महात्मा गांधी के सपनों को पूरा कर रहा है जहां ऐसा समाज बनाया जाये जहां लोगों में आचार विचार और उसूल भरे हो संसद की संय्क्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति सदन के पटल पर रखने के बाद आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई लोकसभा के महा सचिव ने सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रीत रखी उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने दिन भर के लिये कार्यवाही स्थगित कर दी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति सदन के पटल पर रखे जाने के बाद सभापति वैकेंया नायड् ने पूर्व रक्षा मंत्री जार्ज फर्नीडीज़ को श्रदवाजंलि दी श्री नायड् ने कहा कि देश ने सक्षम प्रशासक और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी सांसदों को अपील की है कि वो बजट सत्र को उपयोगी बनाये वे आज ससंद के बाहर बजट सत्र के पहले दिन मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंन कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के लिये वचनबद्ध है और सरकार किसी भी मुददे पर विचार विमर्श के लिये तैयार है प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से अपील की कि वो बजट सत्र में मुददो के बारे केवल बहस करें क्योंकि देश के लोग संसद की कार्यवाही को गौर से देखते है अम्बाला छावनी के वार हीरोज़ स्टेडियम का आज खेल मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण किया

उनका कहना था कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जा रहा है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होंगे मंत्री ने बताया कि अप्रैल महीने तक स्टेडियम का कार्य प्रा हो जायेगा

इसका उद्घाटन म्ख्यमंत्री मनोहर लाल व महाराष्ट्र के म्ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संय्क्त रूप से करेंगे

मेले में महाराष्ट्र थीम तथा थाईलैंड देश पार्टनर है भारत सरकार के पर्यटन सचिव योगेन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि फरीदाबाद में स्रक्षा के उचित प्रबंध किए गए हैं और पर्यटकों की स्विधा के लिए सूचना केंद्र स्थापित किए गए है

इस बार मेले का थीम महाराष्ट्र प्रदेश है इसलिए छत्रपति शिवाजी द्वारा बनवाए गए ऐतिहासिक रामगढ़ किला का प्रारूप बनाया गया है

म्ख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे ओवर ब्रिज पंद्रह महीने में बन कर तैयार होगा इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह और विधायक ज्ञानचंद ग्रप्ता भी मौजूद थे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि पंचक्ला भले ही प्रदेश की राजधानी न हो बल्कि अधिकांश विभागों के यहां म्ख्यालय होने के कारण इसका अधिक महत्व है

भिवानी जिले के गांव जमालप्र बस अड्डा पर खच्चर रेहड़ी में बाई सवार की टक्कर लगने से दो बाईक सवारों की मौत हो गई मृतकों की पहचान गावं जमालप्र निवासी जानी व स्खचरण के रूप में की गई है द्सरी घटना में यम्नानगर जिले में जगाधरी पांवदा हाइवे पर गांव कलेसर कलेसर के निकट बीती रात केंटर की चपेट मे आने से बाइक सवार दो यूवकों की मौत हो गई हादसे के बाद कैंटर मौके से फरार हो गया